इस अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और नागरिकों को अधिकारों के बारे में सोचते समय कर्तव्यों का भी सोचना चाहिए इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय संविधान की शक्ति और समग्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्त्तव्यों को विशेष महत्व दिया गया है और यही हमारे संविधान की खूबी भी है इधर हिमाचल प्रदेश में विभिन्न कार्यालयों में संविधान दिवस पर अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई जयराम ठाक्र राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक व अन्य इकाईयां स्थापित करने के उददेश्य से सरकारी व निजी भूमि चिन्हित करने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिम प्रगति पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही उन्होंने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो चुकी परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति प्रदान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने उद्योग ऊर्जा और पर्यटन जैसे प्रमुख विभागों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने को भी कहा उन्होंने वन स्वीकृतियों के मामलों को समयबद्द निपटाने पर भी बल दिया

उन्होंने निवेशकों को इस पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याएं रखने का आहवान किया बैठक में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकर सहित वरिष्ठ अधिकारी व विभिन्न औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि शामिल हुए

इनमें एक सौ नौ सड़कों को हरित और पर्यावरण अनुकूल तकनीक के तहत तैयार किया जाएगा एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नई दिल्ली में ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला के समीप विशेष बच्चों के संस्थान में दौरा कर विद्यार्थियों से बातचीत की उन्होंने संस्थान के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधा पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इससे वे आत्मनिर्भर बन सकते है राज्यपाल ने कहा कि विशेष बच्चों की प्रतिभा को उभारने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की जिम्मेदारी समाज की है उन्होंने बच्चों को मिठाईयां व शॉलें भी वितरित की सुरेश भारद्वाज शिमला शहर के संजौली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नए भवन के निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पाठशाला के वार्षिक समारोह में आज यह जानकारी दी उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहने का आहवान करते हुए अभिभावकों को भी इसमें सहयोग का आग्रह किया उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया निधन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का उपचार करने के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर यशी ढोडेन का आज सुबह धर्मशाला के मैकलोडगंज में निधन हो गया

वे मैकलोडगंज में ही रहते थे और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के भी निजी चिकित्सक रह चुके है डॉक्टर ढोडेन हर्बल दवाओं और तिब्बती पद्वति से कैंसर का ईलाज करते थे मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में आज रूक रूक कर बर्फबारी जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो रही है इससे सामान्य तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की कमी आने पर शीतलहर बढ़ गई है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति कांगड़ा जिला की धौलाधार और सिरमौर जिला की चूड़धार चोटी पर बर्फबारी का क्रम जारी है निचले जिलों में बाद दोपहर से हल्की वर्षा व ठंडी हवाएं चलने से ठंड का जोर बढ़ गया है